आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास नये विचारों और नये दृष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस तरह के निवेशक सम्मेलन देश के कुछ शहरों मे ही आयोजित होते थे लेकिन अब स्थिति बदल गई है उन्होंने कहा कि अब राज्य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा में आ गये हैं श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं निवेशक के लिए ये आवश्यक है कि उसे उपयुक्त ईकोसिस्टम मिले इंस्पैक्टर राज से मुक्ति मिले हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े राज्य इनिशेटिव लेकर के व्यवस्था सरल कर रहे हैं कानूनों बदलाव हो रहा है गैर जरूरी नियमों को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं राज्यों में ये कॉम्पीटिशन जितना बढ़ेगा हमारे उद्योग भी ग्लोबल प्लेटफार्म पर कम्पीट करने के लिए सामर्थ्यवान बनेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कल किये गये एक महत्वपूर्ण फैसले से साढ़े चार लाख मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा सरकार जो भी फैसले ले रही है वो भारत के हित के अनुसार भारत के समाज की आकांक्षाओं के अनुसार ले रही है आज सरकार गरीब के घर स्वास्थ्य स्किल ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस कर रही है तो साथ साथ इंपेस्टमेंट और सेल्फ इंप्लायमेंट पर भी बल दे रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करते हुए आज प्रांतीय पुलिस सेवा के सात पुलिस अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए सभी सात पुलिस अधिकारी पचास वर्ष या इससे अधिक आय् के हैं इन पुलिस अधिकारियों पर कई जांच चल रही थीं अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए पीपीएस अधिकारियों में पंद्रहवीं वाहिनी पीएसी आगरा के सहायक सेनानायक अरूण कुमार अयोध्या के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार राना आगरा के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह राना तैतीसवीं वाहिनी पीएसी झांसी के सहायक सेनानायक रतन क्मार यादव सत्ताइसवीं वाहिनी पीएसी सीताप्र के सहायक सेनानायक तेजवीर सिंह यादव मुरादाबाद के मंडलाधिकारी संतोष कुमार सिंह तीसवीं वाहिनी पीएसी गोन्डा के सहायक सेनानायक तनवीर अहमद खां शामिल हैं प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षो में विभिन्न विभागों के दो सौ से अधिक अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने कहा है कि आकाशवाणी संचार का एक मजबूत और प्रभावशाली माध्यम बना रहेगा आज नई दिल्ली में एक डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रेडियो की सबसे खास बात यह है कि लोग अपना काम करते हुए भी इसका आनंद ले सकते हैं दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि अब रिपोर्टिंग के लिए पुराने बड़े कैमरों की जगह मोबाइल फोन का इस्तेमाल होने लगा है और दूरदर्शन भी इस नई मोबाइल पत्रकारिता का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक्सप्रेस वे के पास विशेष औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया है राज्य सरकार ने पचास प्रतिशत भूमि भी इस क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने आकाशवाणी को बताया कि मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को एक्सप्रेस वे के निकट जमीन चिन्हित करने को कहा गया है ग्राम सभा की पांच एकड़ से ज्यादा अनारक्षित जमीन मिलने के बाद उसे अधिग्रहीत कर मिनी औद्योगिक कांसेक्स के रूप में तैयार किया जाएगा उन्होंने कहा कि इसमें आधी जमीन आरक्षित होगी और इसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की इकाइयों को निशुल्क मुहैया कराया जायेगा अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गयी कार्तिक पूर्णिमा मेले के इस दूसरे चरण में हजारों की संख्या में श्रद्वाल् पूरे भक्तिमाव से भाग ले रहे हैं परिक्रमा कल दोपहर ग्यारह बजकर छप्पन मिनट तक चलेगी पंचकोसी परिक्रमा का दायरा चौदह कोसी की अपेक्षा कम होने से अधिक भीड़ होने के मद्देनजर परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं परिक्रमा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं